विधेयक में तीन तलाक के चलन को निरस्त और गैरकानूनी घोषित करने की व्यवस्था है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पेश करते हए कहा कि तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजद देश के कई इलाकों में यह कृप्रथा जारी है उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विधेयक किसी विशेष समृदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है और इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को न्यायँ समानता और सम्मान दिलाना है आर एस पी सांसद एन के प्रेमचन्द्रन ने विधेयक की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इसके पीछे एक विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाने का इरादा है भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने यह कहते हुए विधेयक का समर्थन किया कि इससे मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों का संरक्षण होगा उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने और उन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में स्त्री प्रूष समानता का होना बहत जरूरी है और सरकार यह बात सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक महिला को बराबरी के अधिकार मिले तथा उनके साथ किसी तरह का भेदभाव न हो कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने यह कहते हुए विधेयक का विरोध किया कि यह मुसलिम समुदाय के खिलाफ है सरकार देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के उपाय कर रही है अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज लोकसभा में प्रक प्रश्नों के उत्तर में यह बात कही उन्होंने बताया कि अधिसूचित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक उत्थान के लिए तीन करोड़ अट्ठारह लाख छात्रवृत्तियां दी गई हैं और उनका मंत्रालय सरकार के सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के तहत सभी के लिए समान अवसर सूनिश्चित कर रहा है जलशक्ति राज्यमंत्री रतन लाल कटारिया ने लोकसभा में आज लिखित उत्तर में बताया कि देश में सुखे जैसी स्थिति नहीं है उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में सुखे की स्थिति से निपटने के अनेक उपाय किए हैं उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए समयबद्ध जलशक्ति अभियान शुरू किया गया है और गांवों में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के वास्ते राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से बाल दुष्कर्म मामलों के निपटारे के लिए साठ दिन के भीतर अदालतें गठित करने और विशेष वकील नियुक्त करने को ँ कहा है न्यायालय ने निर्देश दिया कि केन्द्र की आर्थिक सहायता से उन जिलों में ये विशेष अदालते बनाई जाए जहां बाल द्रष्कर्म रोकने संबंधी कानून पॉक्सो के अन्तर्गत एक सौ से ज्यादा मामले दर्ज हों प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र को इन अदालतों में प्रशिक्षित और अन्मवी वकील नियूक्त करने होंगे पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी है न्यायालय ने केन्द्र से कहा है कि वह तीस दिन के भीतर इस आदेश के पालन और पॉक्सों अदालते बनाने के लिए उपलब्ध कराये गए धन तथा वकीलों की नियुक्ति में हई प्रगति के बारे में बताये

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि विश्वसनीयता और भरोसा दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता हैं आज दूरदर्शन केन्द्र में अत्याधूनिक वीडियो वॉल का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे और अधिक लोग द्रदर्शन की ओर आकृष्ट होंगे उन्होंने कहा कि विश्वसनीय और संकारात्मक खबरे बिना किसी विलंब के लोगों तक पहंचनी चाहिए और इसमें द्रदर्शन समाचार तथा आकाशवाणी महत्वपूर्ण भूभिका निमा सकते हैं श्री जावडेकर ने राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक समाचारो के महत्व पर जोर दिया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

उन्होंने डीडी फ्री डिश द्रदर्शन केन्द्रों के डिजिटीकरण और बंगला टी वी तथा कोरियन टी वी के साथ सहयोग की भी सराहना की प्रदेश के अधिकांश जिलों में परसों रात से रूक रूक कर हो रही व र्मा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है गोरखपुर महराजगंज सिद्धार्थनगर देवरिया कुशीनगर बस्ती और संतकबीरनगर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई बारिश के कारण शाहरी क्षेत्रों में जगह जगह जलभराव होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है मौसम विमाग ने अगले चौबीस घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है